नमस्कार पदेश के समाचारों के साथ मैंमुक्ता शर्मा

उन्होंने काशी को विकसित करने में लोगों से अपना सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया देव दीपावली कार्यक्रम के मौके पर कल वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वाराणसी के सभी घाटों को जोडने और काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के विकास कार्य को पावन पथ योजना के तहत विकसित किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वाराणसी अयोध्या सहित प्रदेश के कई जनपदों में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया

गौरतलब है कि काशी की देव दीपावली विश्व प्रसिद्ध है और यहां की आलौकिक एवं अद्रश्य छटा देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं

प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह उपलब्ध रहेगा

क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा

श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि मानव गरिमा और आस्था की स्वतंत्रता के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र हमेशा याद रखेगा

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्ध बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया लेकिन योगी सरकार ने बुन्देलखण्ड की अनमोल सांस्कृतिक विरासत को नयी पहचान देने का प्रयास शुरू किया है यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने गढ़मुक्तेश्वर के पौराणिक गंगा मेले में शिरकत की उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में दव दीपावली मनाने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासतों को दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है

जनवरी दो हजार सत्रह से लागू इस कार्यक्रम के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पहले बच्चे के लिए तीन किस्तों में पांच हजार रुपये का नकद लाभ दिया जाता है

राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कल अधिसूचना जारी कर दी गयी सरकारी दस्तावेजों में अब इनका यही नाम दर्ज किया जायेगा

इससे नदियों और जलाशयों में आने वाली बाढ़ का पूर्वानमान लगाया जा सकेगा जिससे राज्य सरकारें वर्षा के प्रभाव पर निगरानी रख सकेंगी और सही समय पर निर्णय कर सकेंगी कल मौसम विभाग के महानिदेशक केजी रमेश ने कहा कि विभाग इस तकनीक का इस्तेंमाल हाल ही में केरल में आई बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए करने की स्थिति में है

पाँच सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के तहत नौ माह से पन्द्रह वर्ष तक के हर बच्चे को टीका लगाया जायेगा अभियान के तहत लगने वाला यह टीका नियमित टीकाकरण का हिस्सा है यूनीसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में आज मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान पर राज्य स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि रूबेला एक संक्रामक रोग है जो व्यापक रूप से बच्चों एवं व्यस्को में देखा गया है रूबेला का संक्रमण यदि गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशू को हो जाता है तो बच्चे के विकास में बाधा पहुंचती है इससे गर्भपात जन्मजात विकलांगता मृत्यु प्रसव और मानसिक विकास रूक जाता है

टीकाकरण के लिए स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गयी है कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि टीकाकरण बच्चें के जीवन और भविष्य को सुरक्षित करने का सबसे कारगर और किफायती तरीका है उन्होंने बताया कि अब तक देश के अठ्ठाइस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में तेरह करोड़ बच्चों का टीकाकरण किया जा चूका है

किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एटीएस के कमाण्डों और निगरानी के लिए ड्रोन व सीसी टीवी कैमरे लगाये गये हैं

उन्होंने शिक्षकों से बच्चों में नैतिक गुणों का विकास कर उन्हें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करने की अपील की जन संवाद कार्यक्रम में जिले के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों ने भाग लिया राज्यमंत्री ने कहा कि गाजीपुर म देश का पहला वैगन टावर मेन्टीनेन्स वर्कशाप स्थपित किया जायेगा उन्होंने कहा कि जिले में कौशल विकास केन्द्रों में युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है

पुलिस सूत्रों के अनुसार बरेली में स्नान के दौरान चार लोगों की डूबने से मृत्यु हो गयी इसके अलावा बहराइच हरदोई बस्ती फर्रूखाबाद में दो दो और सीतापुर में एक व्यक्ति की स्नान के दौरान हुए हादसों में मृत्यु हो गयी